मामलों में बूखार सिरदर्द और उबकाई जैसे मामूली लक्षण सामने आए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की सूचना देने टीकाकरण स्थल पर तत्काल उपचार परिवहन और अस्पताल में भर्ती करने तथा आगे की देखभाल जैसे दिशा निर्देश दिये गये हैं

अभियान के तहत रविवार को अवकाश होने की वजह से कोरोना के टीके नहीं लगाये गये थे

उन्होंने बताया कि कोरोना के टीके हफ्ते में चार दिन राष्ट्रीय अवकाश के दिन को छोड़कर सोमवार बुधवार गुरुवार और शनिवार को लगाए जाएंगे

जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं सवाल टीकाकरण पूरा होने के बाद भी क्या लाभार्थी को उसके टीकाकरण से संबंधित ताजा जानकारी मिलती रहेगी जवाब हां कोविड टीकाकरण का चक पूरा होने के बाद लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा मोबाइल नम्बर पर टीकाकरण पूरा होने का क्यू आर कोड आधारित एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा

यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है रेलवे के इतिहास में यह संभवतः पहली बार हो रहा है जब देश के अलग अलग कोनों से इतनी ट्रेनें एक साथ एक स्थान के लिए प्रारंभ की जा रहीं हैं

केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को रेल कनेक्विटी प्रदान करने से आसपास के इलाकों के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को उल्लेखनीय गति मिलेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परियोजना के संबंध कहा कि प्रदेश के रीवा से डायरेक्ट रेल कन्क्विटी से प्रदेशवासियों विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र के लोगों को केवड़िया जाने में विशेष सुविधा होगी

पर्यटन मप्र प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाए हैं यहां की धार्मिक सांस्कृतिक और जनजातीय की समृद्ध परम्पराएं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हैं इसी प्रकार केरल की मौलिक भारत की सांस्कृतिक परम्पराएं भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं ये बात प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाक़र ने केरल के पर्यटन मंत्री के सुरेन्द्रन के साथ रिस्पांसिबिल टूरिज्म मिशन के समझौता अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर के बाद चर्चा में कही इस मौके पर केरल के पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रानी जार्ज डायरेक्टर पर्यटन विभाग केरल श्री पी बाला किरन तथा प्रबंध संचालक श्री कृष्णा तेजा उपस्थित थे उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य है जो केरल के साथ एमओयू कर प्रदेश में रिस्पांसिबिल टूरिज्म मिशन आरंभ कर रहा है मंत्री श्रीमती ठाकुर ने कहा कि केरल के साथ एमओयू के आधार पर हम जन सहभागिता के साथ पर्यटन के सभी क्षेत्रों में कार्य करेंगे इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और केरल के पर्यटकों को मध्यप्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ संस्कृति सम्यता खान पान लोक संस्कृति और यहाँ के शिल्पकारों की कला से परिचित होने का अवसर प्राप्त होगा